राज्य सरकार ने प्रत्यार्पण और पुनर्वास नीति के तहत आत्मसमर्पण करनेवाले चौदह उग्रवादियों को पुनर्वास अनुदान की राशि देने का लिया निर्णय पुनर्वास नीति के तहत आत्मसमर्पण करने वाले दो उग्रवादियों को चार चार लाख और ग्यारह उग्रवादियों को मिलेंगे दो दो लाख रुपये और राजधानी रांची समेत राज्य के कई जिलों में तेज हवा के साथ वर्षा अगले छह दिनों तक राज्य के अधिकांश हिस्सों में बारिश की संभावना झारखंड में कोरोना संकमित मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोत्तरी दर्ज की जा रही है

ये सभी मरीज पाकुड़ लोहरदगा खूंटी और जामताड़ा जिले से मिले है पाक्ड के उपायुक्त क्लदीप चौधरी ने आज जिले में तेरह कोरोना संक्रमित व्यक्ति के मिलने की पुष्टि की है संक्रमित सभी व्यक्तियों का ट्रेवल हिस्ट्री है इन सभी पहले से ही क्वारंटाइन किया गया था

जमताड़ा जिले में भी एक नये कोरोना पॉजिटिव मरीज की पुष्टि हुई है

खूंटी जिले में भी आज दो कोरोना पॉजिटिव मरीज की पुष्टि हुई इसके अलावा लोहरदगा जिले में भी सात नये कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने की खबर है इसके साथ ही राज्य में अब तक कोरोना संकमित मरीजों की संख्या बढ़कर एक हजार चार सौ चौवालीस हो गयी है हजारीबाग जिले में दो महिला सहित नौ लोगों ने कोरोना को मात दी है संक्रमित सभी नौ मरीजों के पूरी तरह ठीक होने पर आज हजारीबाग मेडिकल कॉलेज अस्पताल से विदाई दी गई इसके साथ ही जिले में अब तक कोरोना को मात देने वालों की संख्या बढ़कर चौरासी हो गई है अब सक्रिय अड़तीस लोगों का इलाज किया जा रहा है इनमें से इक्कतीस का इलाज हजारीबाग मेडिकल कॉलेज अस्पताल में किया जा रहा है जबकि सात लोगों का इलाज कोविड डेडिकेटेड अस्पताल आरोग्यम में किया जा रहा है

उन्होंने बताया कि सत्तर प्रतिशत मरीज ठीक हो चुके हैं

घर जाने के बाद सभी व्यक्ति अनिवार्य रूप से सात दिनों की होम क्वॉरेंटाइन में रहेंगे तथा जिला प्रशासन रामगढ़ द्वारा सभी की मॉनिटरिंग की जाएगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल का पहला वर्ष भी ऐतिहासिक उपलब्धियों से भरा रहा है

इस कार्यक्रम की शुरुआत पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने रांची के हरमू मंडल से की राजधानी रांची में भाजपा के प्रदेष अध्यक्ष के अलावा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी पूर्व मुख्यमंत्री रघ्यवर दास और अन्य सांसदों विधायकों और पार्टी के वरिष्ठ नेता अलग अलग इलाकों में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए भाजपा के प्रदेष अध्यक्ष दीपक प्रकाष ने कहा कि प्रे राज्य में पार्टी कार्यकर्ता तीस लाख परिवारों के बीच में जाएंगे वहीं पूर्व मुख्यमंत्री रघ्रवर दास ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल में दषकों से लटके कई महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये श्री दास ने केंद्र सरकार की अन्य उपलब्धियों के बारे में भी लोगों को जानकारी दी इधर खूंटी में भी भाजपा कार्यकर्त्ताओं ने आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए एक साथ संकल्प दुहराया इस मौके पर पूर्व मंत्री और विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा भी उपस्थित थे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

मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने भाकपा माओवादी उग्रवादी संगठन के आत्मसमर्पण करनेवाले भाकपा माओवादी के बारह और झारखंड जनमुक्ति परिषद तथा जेजेएमपी के एक एक उग्रवादी को राज्य सरकार की प्रत्यार्पण एवं पुनर्वास नीति के तहत पुनर्वास अनुदान की राशि देने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है इनमें दो उग्रवादियों को चार चार लाख रुपए ग्यारह उग्रवादियों को दो दो लाख रुपए और एक उग्रवादी को दो लाख पचास हजार रुपए की राशि का भूगतान प्रनर्वास अनुदान के रुप में किया जाएगा मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने उग्रवादियों से मुठभेड़ के दौरान घायल हुए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के आठ जवानों को अनुग्रह अनुदान का भुगतान करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है कर्तव्य के दौरान घायल हुए पांच जवानों को डेढ़ डेढ़ लाख रुपए दो जवान को एक एक लाख रुपए और एक जवान को पचास हजार रुपए की राशि दी जाएगी

इनमें आठ जवानों को अनुग्रह अनुदान देने का निर्णय मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित अनुग्रह अनुदान समिति की बैठक में लिया गया था जिसे मुख्यमंत्री ने भी अनुमोदित कर दिया है

वैष्विक महामारी कोरोना से जहां पूरा देष जूझ रहा है वैसे में देष के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिषा में लगे हैं अब उन्होंने मत्स्य पालन की एक महत्वपूर्ण योजना प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत की है इस योजना से मत्स्य पालकों को काफी लाभ होगा योजना के तहत नये तालाब का निर्मोण सहित कई योजनाएं शामिल हैं तीस जून तक आवेदन स्वीकार किये जा सकते हैं

गढ़वा जिले में कोरोना संक्रमितो की संख्या तेजी से बढ़ रही है

ग्मला जिले में कोरोना वायरस महामारी को लेकर जिला प्रषासन ने जागरूकता अभियान में तेजी लायी है जिसके कारण महामारी को लेकर सामुदायिक स्तर पर रोका जा सका है

मौसम पूर्वानुमान में अगले छह दिनों तक राज्य के अधिकांष हिस्सों में हल्के से मध्यम दर्जे केी बारिष केी संभावना है भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र रांची कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार पिछले चौबीस घंटे के दौरान कहीं कहीं हल्के दर्जे की वर्षा हुई इस दौरान सबसे अधिक बारिष लातेहार जिले के बालूमाथ में पंद्रह सौ मिलीमीटर दर्ज की गयी मौसम प्रर्वानुमान में अगले सोलह जून तक राज्य के अधिकांष जिलों में बारिष होने की संभावना है जबकि कुछ स्थानों पर वज्रपात की भी आषंका है पीआईबी झारखंड फैक्ट चेक ने आज सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही एक फोटो में गृह मंत्रालय द्वारा ट्रेन और हवाई यात्रा पर प्रतिबंध के साथ पंद्रह जून से देश में फिर से पूर्ण लॉकडाउन लागू किये जान की खबर का खंडन किया है पीआईबी फैक्ट चेक में इस दावे को फर्जी बताया है

चतरा जिले की पुलिस ने तीन किलोग्राम अफीम के साथ तीन तस्करों को गिरफ़तार किया है